मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान में विधायकों को तोड़ने की परम्परा नहीं रही है और मौजूदा दौर में जो हो रहा है उसका विरोध किया जाना चाहिए

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए योजनाएं बनाने में राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है टीएसपी क्षेत्र सहित टाडा और माडा क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है बिखरी हई आबादी के विकास में आगे भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी

उन्होंने कहा कि बाड़मेर और जोधपुर में भी जनजाति छात्रों के लिए हॉस्टल खुलेंगे जोधपुर में जनजाति छात्रों के लिये कोचिंग सेन्टर खोला जाएगा ताकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनजाति क्षेत्र विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि जनजाति क्षेत्र के छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों से टाई अप किया जा रहा है

जनजाति क्षेत्र में खेल प्रतिभा को उभारने के लिए टूर्नामेंट आयोजित किये जाएंगे

समारोह में कोरोना योद्दाओं का अभिनंदन भी किया जाएगा समारोह के संबंध में कल जयपुर में सामान्य प्रशासन विभाग के शासन सचिव डॉ प्रीतम बी यशवंत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई बैठक में श्री प्रीतम ने सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि इस बार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नगर निगम महिला एवं बाल विकास और पुलिस के कोरोना वॉरियर्स का विशेष सम्मान किया जाएगा इसके लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम में अलग से स्थान आरक्षित किया गया है उन्होंने सभी अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश दिए

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भारत को डिजिटल रूप में सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर विशेष बल दिया है

पिछले पांच वर्षो में डिजिटल इंडिया की यात्रा सशक्तीकरण समावेशन और रूपांतरण पर केंद्रित रही है इस कार्यक्रम ने भारतीय नागरिकों की पहचान से संबंधित सभी पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डाला है

रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेल पटरियों की सफाई करते समय अन्य कूडे के साथ साथ प्लास्टिक कचरा हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा स्वच्छता सप्ताह के दौरान जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा जिसमें रेलकर्मी यात्रियों और आम जनता से ट्रेनों स्टेशनों और पटरियों को साफ सुथरा रखने की अपील करेंगे

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तेजी से जांच संक्रमण के स्त्रोत का पता लगाने और प्रभावी उपचार से यह उपलब्धि संभव हो सकी है

वे करनाल जेल सिक्योरिटी में तैनात थे टावर पर संतरी की ड्यूटी करते समय टावर से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतुक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा

पूर्वी राजस्थान के कोटा चित्तौडगढ अजमेर ब्रंदी भीलवाडा प्रतापगढ राजसमंद जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है पश्चिमी राजस्थान के चूरू नागौर जिलों में भी विभाग ने भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है इस बीच कई स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है जालोर में पूरी रात तेज गर्जना के साथ बारिश होती रही